प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की इस बैठक में तीनों सेनाप्रमुख और वरिष्ठ मंत्री भी हुए शामिल भारत ने पाकिस्तान से भारतीय वायु सीमा में आक्रमणकारी कार्रवाई पर दर्ज कराया कड़ा विरोध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को अस्थिर करने की द्श्मन की कार्रवाई पर राष्ट्र एकजुट है श्री मोदी कल देश भर के भाजपा के दूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि वह आतंकी हमले कर भारत की प्रगति के रास्ते में रूकावट पैदा करना चाहता है जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है जब आतंकी हमला करता है तो उनका एक मकसद यह भी होता है कि हमारी प्रगति रूक जाए हमारी गति रूक जाए हमारा देश थम जाए उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को चट्टान बन करके खड़ा होना है

उन्होंने कहा कि देश को अपने सुरक्षाबलों पर भरोसा है श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नये स्तर पर पहुंच सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा देश सेना के साथ है और दुनिया भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को देख रही है देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है प्ररा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है

लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दो हजार चौदह का चुनाव लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनादेश था और दो हजार उन्नीस का चुनाव लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए होगा श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम चुनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से भ्रष्टाचार और घोटालों के यूग में ले जाएगी प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ संवाद के प्रति बूथ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया सुल्तानपुर में दूथ कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी के विचारों को गंभीरता से सुना भाजपा के जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के संवाद का साफ असर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा उन्होंने कहा कि जिले के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के विचारों से बेहद उत्साहित है श्री मोदी ने हापुड़ जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये सीधा संवाद किया इस दौरान ब्रथ पदाधिकारी महेश तोमर ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और इसका जवाब पाकर वह काफी खुश दिखाई दिये कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीधे संवाद से पार्टी कैडर का मनोबल बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सुरक्षा पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की सरकारी सुत्रों ने बताया कि बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल वित्तमंत्री अरुण जेटली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने भाग लिया

कल नई दिल्ली में शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और टैक्नोलॉजी पुरस्कार समारोह में उन्होंने अनुसंधान और विकास के फायदों को देश के जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया पाकिस्तानी वायसेना की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर भारत की वाय सीमा में आक्रमणकारी कार्रवाई पर भारत ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर यह विरोध दर्ज किया गया है बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की यह हरकत खैबर पख्तुनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारत की आतंकरोघी एहतियाती कार्रवाई के बिलक्ल विपरीत है पाकिस्तानी उच्चायक्त को बताया गया है कि भारत को किसी भी आक्रमण या सीमा पार आतंकवाद की कार्रवाई के विरुद्व अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्प्रभुता और भौगोलिक एकता के सरक्षण के लिए कोई भी कठोर और निर्णायक कदम उठाने का अधिकार है भारत ने मांग की है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि हिरासत में लिये गये भारतीय वायुसेना के पायलेट विंग कमांडर अभिनन्दन वर्द्वमान को आज रिहा कर दिया जायेगा इस बात की घोषणा श्री खान ने कल पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में की अमरीका ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे ताजा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का आग्रह किया है फ्रांस आज सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद मसूद अज़हर पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखेगा इस प्रक्रिया से मसूद अज़हर अंतराष्ट्रीय यात्राएं नहीं कर सकेगा उसकी परिसम्पत्तियां जब्त कर ली जाएगी और उसके हथियार रखने पर रोक लग जाएगी सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने इन तीन सदस्यों की ओर से मिले ताज़ा प्रस्ताव पर विचार के लिए दस कार्य दिवस की अवधि तय की है संयुक्त राष्ट्र में दस साल में चौथी बार अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने का प्रस्ताव आया है उच्चतम न्यायालय ने इक्कीस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे करीब ग्यारह लाख अस्सी हजार लोगों को हटाने संबंधी तेरह फरवरी के आदेश पर अमल रोक दिया है वहां की जमीन पर इन लोगों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को रखी है चुनाव आयोग ने कल लखनऊ में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मंडलायुक्तों जिलाधिकारियों पुलिस महानिरीक्षकों उप महानिरीक्षकों और जिला पूलिस प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की मुख्य चुनाव आयक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग की तीन सदस्यीय टीम राज्य की अस्सी लोकसभा सीटों के सिलसिले में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिये प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर है आयोग ने विभिन्न राजनैतिक पार्टियों से विचार विमर्श किया था इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मतदान का समय एक घंटे बढ़ाये जाने का आग्रह किया है भाजपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी एस राठौर ने कहा कि वीवीपैट की वजह से मतदान प्रक्रिया में समय लगता है इसलिये मतदान की समयावधि बढ़ाया जाना उचित होगा उन्होंने यह मांग भी की कि पोस्टल बैलेट की ट्रैकिंग आईडी अधिसूचना जारी होने के चौबीस घंटे के अन्दर तैयार हो जानी चाहिये ताकि सेना के जवानों अर्द्वसैनिक बलों और दूर दराज़ इलाकों में तैनात अधिकारियों के बोट मतगणना के समय उपलब्ध हो सकें आयोग आज राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक प्रमुख सचिव गृह सहित अन्य उच्चाधिकारियों से बैठक करेगा प्रदेश के तीन सैनिकों के जम्मू कश्मीर में देश रक्षा के दौरान विमान दुर्घटना में शहीद होने की ख़बर से उनके परिजनों और पैतुक गांवों में शोक की लहर है मथुरा के बालाजीपुरम् कालोनी के रहने वाले पंकज कुमार सिंह और कानपुर के चकेरी थाना इलाके के रहने वाले कॉरपोरल दीपक पाण्डेय तथा बनारस के क्रूहआ गांव निवासी विशाल पाण्डेय सीमा पर हवाई सुरक्षा के दौरान कश्मीर के बड़गाम इलाके में विमान दुर्घटना में शहीद हो गये थे इन तीनों शहीदों के घरों पर परिजनों को सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है सांत्वना देने वालों में प्रदेश सरकार के मंत्री प्रशासनिक अधिकारी और जन प्रतिनिधि शामिल हैं